राजधानी शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रो में आज सुबह हल्की बारिश हुई है कुल्लू व चंबा में हल्की वर्षा का समाचार है प्रदेश की ऊंची चोटियों पर रूक रूक कर हिमपात हो रहा है हालांकि पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद अब तक जनजीवन पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाया है

हालांकि रामपुर जाने वाली बसों को वाया धामी बसंतपुर होते हुए भेजा जा रहा है हिमपात से लाहौल स्पीति किन्नौर चंबा कुल्लू और शिमला जिले के कई इलाकों में विद्युत व पेयजल आपूर्ति अभी भी बाधित बनी हुई है

विभाग ने आज निचले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा व ओलावृष्टि जबकि मध्यम और उपरी इलाकों में कहीं कहीं वर्षा व हिमपात की चेतावनी दी है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लाहौल स्पीति किन्नौर कुल्लू शिमला और चम्बा ज़िलों में हिमस्खलन की भी चेतावनी जारी की है इस बीच कुल्लू जिला प्रशासन ने बर्फबारी के दृष्टिगत स्थानीय निवासियों व पर्यटकों को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है

भारत के महान आध्यामिक गुरूओं में से एक स्वामी विवेकानंद ने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से विश्व को अवगत करवाया स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के एक महान चिंतक दार्शनिक तथा युवाओं के प्रेरणास्त्रोत थे

स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राज्य के सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्कूलों में बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवा रही है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज अभियान के तहत पालमपुर में मौजूद रहेंगे इसी तरह अन्य मंत्रिमण्डल सदस्य सांसद व भाजपा विधायकों सहित अन्य नेता अलग अलग बूथों पर जन जागरण अभियान में भाग लेंगे

बिलासपुर में उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए मिनी मैराथन को हरी झण्डी दिखाई चम्बा में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ओंकार सिंह ने लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी और नियमों के पालन का आह्वान किया उधर ऊना ज़िले में मैहतपुर बैरियर से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एमएल धीमान ने अभियान का शुभारम्भ किया

इस संबंध में पहला प्रशिक्षण शिविर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थाना कलां में आयोजित किया गया तीन दिवसीय इस शिविर में स्वयंसेवी संस्थाओं एनएसएस एनसीसी से जुड़े युवाओं को प्राकृतिक आपदा की चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की जा रही है और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है कीरतपुर नैरचौक फोरलेन का रास्ता साफ पांच साल बाद विवादित टेंडर रिकॉल करने को केंद्र सरकार राजी